कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा उन्होंने राज्यों से कहा कि वे लॉकडाउन पर केवल अंतिम उपाय के रूप में विचार करें कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदो ने कहा कि कोरोना से बचाव के छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की मांग बढो है और केंद्र और राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सभी जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं बाइट इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीान की डिमांड बहुत ज्याका बढ़ी है इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है केन्द्र व सरकारराज्य सरकारें प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाइ को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किजा रहे हैं राज्य में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो एक लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो ऑक्सीजनरेल हो हर प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें बाइट प्रयास अभी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो प्रयास का तरीकाये ही रखा जाय

राज्यों और केन्द्र सरकारों के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों स्वच्छता कर्मचारियों और पुलिस की प्रतिबद्धताओं की सराहना की उन्होंने कहा कि कुछ शहरों में कोविड के बडे विशेष अस्पताल बनाए जा रहे हैं उन्होंन कहा कि भारत में बने दो टीकों से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरु किया गया प्रधानमंत्री ने युवाओंसे समितियों का गठन करने और अपने अपने क्षेत्रों में कोविड प्रशासनिक उपायों में मदददेने का आह्वान किया ताकि कंटेनमेंट या लॉकडाउन की कोई आवश्यकता न पड़े बाइट साथियों आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोध करुंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही ध्यान केन्द्रित करना है हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया

बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से टीकाकरण कार्यक्रम को आगे ले जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले से बेहतर कोविड प्रबंधन में और कोरोना संक्रमण का हराने में मदद मिलेगी मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदश में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता में विस्तार किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि कोरोना प्रसार को रोकने के लिये आवश्यक है कि टेस्टिंग पर फोकस किया जाये मुख्यमंत्री ने दिल्ली महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की टेस्टिंग करते हुए उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारेंटीन एवं चिकित्सा की समूचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीवन रक्षक दवाओं और रेमडेसिविर इंजेक्शन की निर्बाध आपूर्ति के लिये आवश्यक है कि इसकी लगातार मानीटरिंग की जाये उन्होंने कहा कि ऐसी दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाये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

केंद्र सरकार में कोरोना मरीजोंको किफायती चिकित्सा सुविधा देने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शजन पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रेमडेसिविर की मुख्य सामग्रियों इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष तत्वों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों को बधाई दी है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसेवा दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और निरन्तरर कठिन परिश्रम करने वाले लोकसवकों को बधाई दी है

श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनता एकजुट होकर कोविड से मुकाबला करेगी

यह पर्व भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रामनगरी अयोध्या में भक्तों के लिये विभिन्न मंदिरों के कपाट बंद रहे मंदिरों के पुजारियों ने ही पूजा अर्चना कर अनुष्ठानों को पूर्ण किया

मध्य दिवस अति सीत न घामा पावन काल लोक बिश्रामाश गोस्वामी तुलसीदास का भगवान श्रीराम के प्राकट्य का यह अनुभव आज अयोध्या के चौराहों से लेकर गलियों तक महसूस किया जाता रहा दोपहर ठीक बारह बजे श्री राम जन्म भूमि सहित मंदिरों के पट भव्य आरती के साथ खुले और श्मये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी की ध्वनि सभी मंदिरों में गूंजने लगे यह आस्था का चरम उल्लास था जन्म के समय मंदिर में जमा साधू संत और पुजारी के कंठ से समवेत बधाई गान की स्तुति फूट पड़ती है सभी ने गले मिलकर बधाइयां दीं और प्रसाद ग्रहण किया राजेंद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या चित्रकूट में भगवान कामदगिरि को छप्पन व्यंजनों का भोग लगाया गया यहां मंदिर के पुजारियों और प्रबंध कमेटी के लोगों ने कोरोना से बचाव की प्रार्थना की ब्रज मंडल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्वालुओं ने मंदिरों में दर्शन पूजन किया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कोविड हेल्प लाइन शुरू की है इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीटर क जरिये दी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बुलन्दशहर में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों की हर सम्भव मदद करने तथा दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है